पांच डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ गया राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा वस्तु और सेवा कर जीएसटी काउंसिल ने आम आदमी के उपयोग की तैंतीस वस्तुओं पर जीएसटी की दर अठारह प्रतिशत से घटाकर बारह प्रतिशत और पांच प्रतिशत कर दी है अब जन धन खाता धारकों से बैंक सेवाओं पर कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा आज नई दिल्ली में हुई परिषद की बैठक में बत्तीस इंच तक के टीवी मॉनिटर टायर डिजिटल कैमरा मोबाईल चार्जिंग में उपयोग होने वाले पावर बैंक और वीडियो कैमरा रिकॉर्डर जैसी वस्तुओं पर जीएसटी को घटा कर अठाईस प्रतिशत से अठारह प्रतिशत कर दिया गया वहीं सौ रूपये तक के सिनेमा टिकट पर जीएसटी अठारह प्रतिशत से घटाकर बारह प्रतिशत कर दिया गया है जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद केन्द्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली ने संवादाताओं को बताया कि तीर्थ यात्रा के लिए इकोनॉमी श्रेणी की उड़ानों पर कर को घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है वित्त मंत्री ने बताया कि दिव्यांगजनों को बड़ी राहत देते हुये उनके उपयोग में आने वाली छड़ी पर लगने वाला कर बारह प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है फ्लाई एश से बनने वाले ब्लॉक्स पर भी कर में सात प्रतिशत की कमी की गयी है श्री जेटली ने कहा कि नई जीएसटी दरें पहली जनवरी से लागू होंगी उन्होंने कहा कि जीएसटी की सबसे उच्चतम दर अठाईस प्रतिशत में केवल चौंतीस चीजें ही रह गयी है दरभंगा जिले में सदर थाना क्षेत्र के रानीप्र के पास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या सत्तावन पर अपराधियों ने आज सड़क निर्माण कंपनी के ठेकेदार की गोली मारकर हत्या कर दी पूलिस सूत्रों ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएएचआई के लिए काम करने वाले ठेकेदार और कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक क्शेस प्रसाद शाही को अपराधियों ने गोली मार दी और फरार हो गये इस घटना में गंभीर रूप से घायल ठेकेदार की दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मौत हो गयी वरीय पुलिस अधीक्षक गरिमा मलिक ने कहा कि अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष कार्यबल का गठन किया गया है इधर घटना से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने दरभंगा में राष्ट्रीय राजमार्ग को जामकर यातायात कई घंटे तक ठप रखा एक अन्य घटना में गया जिले के आमस थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक बैंक के ग्राहक सेवा केन्द्र संचालक की अपहरण के बाद हत्या कर दी इस घटना के विरोध में लोगों ने कई घंटे तक जीटी रोड को जाम रखा और आमस बाजार बंद रहा बिहार में एनडीए के घटक दलों भाजपा जदयू और लोजपा के बीच लोकसभा की चालीस सीटों के बंटवारे को लेकर कल औपचारिक घोषणा होने की सम्भावना है सूत्रों ने बताया कि भाजपा के वरिष्ठ नेता अरूण जेटली और लोजपा नेताओं के बीच बातचीत के बाद सीटों के बंटवारे का मामला सुलझ गया है लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने भाजपा से सीटों के बंटवारे को लेकर इकतीस दिसम्बर तक निर्णय लेने को कहा था नई दिल्ली में तीनों दलों के शीर्ष नेताओं की बैठक के बाद आज यह घोषणा होनी थी लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमूख रामविलास पासवान और पार्टी संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष चिराग पासवान नई दिल्ली नहीं पहुंच सके इस कारण कल तक के लिए सीटों के बंटवारे का औपचारिक ऐलान स्थगित हो गया है जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार टिकट बंटवारे को लेकर पहले से ही दिल्ली पहुंचे हुए हैं इधर राजद और कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर गहन विचार विमर्श जारी है महागठबंधन में शामिल रालोसपा हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा और लोकतांत्रिक जनता दल ने राजद और कांग्रेस नेतृत्व के समक्ष अपनी बात रख दी है पूर्व केन्द्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी को भाजपा का राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया गया है पार्टी महासचिव अरुण सिंह ने बताया कि भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने श्री रूडी को इस पद पर नियुक्त किया है राज्य के शहरी क्षेत्रों में कल से प्लास्टिक और पॉलीथिन की थैलियों के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लग जायेगा इस संबंध में वन और पर्यावरण विभाग ने अधिसूचना पहले जारी कर दी थी नगर विकास और आवास विभाग तेईस दिसम्बर से प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए दंडात्मक कार्रवाई शुरू करेगा इसके लिए नगर निकायों में सिटी टास्क फोर्स का गठन कर लिया गया है प्राप्त जानकारी के अनुसार किसी भी आकार और मोटाई के प्लास्टिक कैरी बैग के निर्माण आयात भंडारण वितरण विक्रय परिवहन और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है नगर विकास विभाग के विशेष सचिव संजय दयाल ने बताया कि प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर न्यूनतम सौ रूपये से लेकर अधिकतम पांच हजार रूपये अर्थदंड का प्रावधान किया गया है उन्होंने कहा कि पहली बार उल्लंघन करने पर जूर्माना कम होगा जबकि दूसरी और तीसरी बार पकड़े जाने पर जुर्माने की राशि बढ़ती जायेगी प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है पछ्आ और उत्तर भारत से आने वाली ठंडी हवा के कारण सर्दी के साथ कनकनी भी बढ़ी है राज्य के कई क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान पांच से छह डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया है कोहरे के कारण सडक और रेल यातायात के साथ साथ विमानों की आवाजाही भी प्रभावित हुई है मौसम विभाग के अनुसार कल से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से ठंड में और बढ़ोतरी होने की आशंका है गया आज प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा जहां का न्यूनतम तापमान पांच डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया वहीं पटना का न्यूनतम तापमान आठ डिग्री सेल्सियस रहा पटना गया और आस पास के क्षेत्रों में सुबह के समय अगले दो दिनों तक घना कोहरा छाये रहने की सम्भावना है पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के सचिव परमेश्वरन अय्यर ने कहा है कि बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में नब्बे प्रतिशत घरों में शौचालयों का निर्माण हो गया है श्री अय्यर ने कहा कि जगह की उपलब्धता में कमी के कारण राज्य के शहरी क्षेत्रों में शौचालयों का निर्माण कार्य धीमा है जमुई जिले के खैरा थाना क्षेत्र में गिद्देश्वर जंगल में नक्सलियों और केन्द्रीय अर्द्वसैनिक बलों के बीच मुठभेड़ में एक नक्सली मारा गया सुरक्षा बलों ने नक्सली के पास से एके सैंतालीस और राईफल बरामद किया है पश्चिम चम्पारण जिले की एक स्थानीय अदालत ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र में दो बहनों को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने के मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है जिला और सत्र न्यायाधीश ने दोनों पर पचास पचास हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया है पिछले वर्ष उन्नीस अप्रैल को नवनील और सुनील ने दो सगी बहनों ममता और समता को जिंदा जला दिया था इधर शिवहर जिले के तरियानी थाना क्षेत्र के एक गांव में एक नाबालिग के साथ सामूहिक दृष्कर्म के बाद हत्या करने के मामले में व्यवहार न्यायालय के अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम ने तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि अमेरिका भारत रणनीति साझेदारी फोरम बिहार में अपनी शाखा खोलेगा इस फोरम में विश्व की पांच सौ बड़ी कम्पनियां शामिल हैं श्री मोदी ने बताया कि इससे बिहार में निवेश की सम्भावनाओं में बढ़ोतरी होगी गोपालगंज जिले में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नाली पक्कीकरण योजना में गड़बड़ी के आरोप में तिरपन पंचायतों के मुखिया और पंचायत सचिवों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया है जिलाधिकारी अनिमेष कुमार पराशर ने एक सौ चौबीस वार्ड सदस्यों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है जमुई जिले के सोनो थाना क्षेत्र के काली पहाड़ी के पास से पूलिस ने एक पिकअप वैन से पचपन कार्टन विदेशी शराब के साथ चालक को गिरफ्तार किया है वहीं मध्रबनी जिले के बेनीपट्टी थाना के माधवपूर गांव से पूलिस ने पिकअप वैन से पैंतालीस कार्टन विदेशी शराब जब्त की जबकि शेखप्रा जिले के जमालपुर क्षेत्र से छह लीटर देशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है अररिया जिले में एसएसबी की छप्पनवीं बटालियन के जवानों ने पथरदेवा चौकी के पास एक वाहन चालक को शराब की एक बड़ी खेप के साथ गिरफ्तार किया है राजधानी पटना स्थित डाक विभाग में फर्जी अंकपत्र के आधार पर नियुक्ति पाने के मामले में एक व्यक्ति को केंद्रीय जांच ब्यूरो की एक विशेष अदालत ने तीन वर्ष के सश्रम कारावास के साथ ही आठ हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई सासाराम जंक्शन पर आरपीएफ ने दो फर्जी ट्रेन टिकट निरीक्षकों को गिरफ्तार किया है दोनों आरोपी यात्रियों से टिकट जांच के नाम पर अवैध वसूली कर रहे थे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने पैंतीस शिक्षण संस्थानों की मान्यता निलंबित कर दी है बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने शिक्षकों की सूची नहीं देने पर संस्थानों के खिलाफ यह कार्रवाई की है श्री किशोर ने कहा कि अगले सत्र से इन शिक्षण संस्थानों में नामांकन पर रोक लगा दी गयी है ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में पूर्वी भारत अंतर विश्वविद्यालय महिला क्रिकेट टूर्नामेंट आज से शुरू हुआ आज खेले गये पहले मैच में दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की टीम ने पटना विश्वविद्यालय को आठ विकेट से पराजित कर दिया नौ दिनों तक चलने वाले इस टूर्नामेंट का उद्घाटन विधायक संजय सरावगी और विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एसके सिंह ने किया प्रतियोगिता में कुल ग्यारह राज्यों के इक्कीस विश्वविद्यालयों की टीमें भाग ले रही हैं

पांच डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ गया राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा